प्रमुख राजनैतिक दलों भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के लगातार दौरे हो रहे है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज श्री गंगानगर में रोड शो करेंगे वे कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों ने जनता को गुमराह किया है श्री बेनीवाल कल अजमेर जिले के मसूदा विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ में अपने पार्टी उम्मीदवार पूर्व विधायक हाजी कय्यूम खान के समर्थन में चुनावी सभा में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियाँ झूठ के सहारे राजनीति करती है

उन्होंने सभा में मौजूद लोगों का आहवान किया कि वे लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देकर उसके प्रत्याशी को विजयी बनाए गौरतलब है कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के राकेश पारीख तथा भाजपा प्रत्याशी सुशील कंवर पलाड़ा को कय्यूम खान ने कांग्रेस से बागी होकर चुनौती दी है

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगाराम ने बताया कि पहले चरण में जयप्र में सुबह से शाम तक स्टेच्यू सर्किल पर पेंटिंग प्रतियोगिता म्हारो सतरंगी लोकतंत्र आयोजित की जाएगी

उन्होंने बताया कि इसमें राज्य के सातों संभागों से चयनित जिलों से आमंत्रित कलाकारों द्वारा मतदाता जागरुकता के लिए संगीतमय प्रस्तुतियां दी जाएंगी श्री जोगाराम बताया कि कार्यक्रम स्थल पर एक स्वीप प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा

जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा के अनुसार अजमेर का यह अनूठा झंडा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा उन्होंने बताया कि आज सुबह दस बजे अजमेर के पटेल मैदान में आयोजित इस अनूठे कार्यक्रम को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सौजन्य से आयोजित किया जा रहा है इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के बैंड भी मधुर स्वर लहरियां बिखेरेंगे निर्वाचन विभाग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता के लिये आयोजित किये जा रहे सरगम सप्ताह के तहत आज प्रदेशभर में धा यानी दिव्यांगों की ट्राई साईकिल रैली निकाली जायेगी इस दौरान धन से न धान से वोट करेंगे ध्यान से पंक्तियों के जरिये आमजन को जागरूक किया जायेगा इधर बाडमेर जिल के सिणधरी कस्बे में ऊंट मैराथन आयोजित की गई

मतदान का दिन नजदीक आने के साथ ही नागौर जिले में राजनैतिक सरगर्मियां और तेज हो गई है

जयप्र जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्वार्थ महाजन ने चुनाव के लिए नियुक्त किए गए आठ कार्मिकों को प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित नहीं होने के कारण निलम्बित कर दिया है राजसमंद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान दलों के द्वितीय प्रशिक्षण में नशे की हालत में पाये जाने पर भाटोली के सरकारी विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को निलंबित कर दिया वहीं तीन सैक्टर अधिकारियों को भी प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी कर दिया सीकर में प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर दो कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया वहीं द्वितीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर एक कार्मिक को नोटिस जारी किया गया

मतगणना स्थल से मतगणना की सूचनाओं को समय समय पर दोनों वेबपोर्टल पर अपलोड किया जाएगा

यह फैसला देश भर में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए अगले साल होने वाली परीक्षा पर लागू होगा साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्धारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा आज से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पॉस्को अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया है इसके तहत बाल यौन शोषण की घटना की रिपोर्ट घटना के सात साल के बाद भी की जा सकेगी आकाशवाणी को कल दिए विशेष साक्षात्कार में महिला और बाल विकास मंत्रालय में सचिव राकेश श्रीवास्तव ने बताया कि बाल सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है